उच्चतम न्यायालय आज राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में अनेक याचिकाओं की सुनवाई करेगा यह मामला प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ के समक्ष विचाराधीन है शीर्ष अदालत ने उनतीस अक्तूबर को यह तय किया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में एक सक्षम पीठ इन याचिकाओं पर विचार करेगी और मामले की सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी विभिन्न हिन्दू संगठन विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण शीघ्र किए जाने के लिए अध्यादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सुझाव दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बारे में अध्यादेश लाने का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है उनके इस बयान को देखते हुए उच्चतम न्यायालय में आज की सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है पटना आर्ट कॉलेज में पक्षियों का मरने का सिलसिला जारी है कल पांचवें दिन दो और पक्षियों की मौत हो गयी पटना के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धनेश कुमार सिंह ने आर्ट कॉलेज का दौरा किया और प्राचार्य को सावधानी बरतने की सलाह दी इस बीच संजय गांधी जैविक उद्यान के पचास कर्मियों के ब्लड सैंपल में से पैंतीस की रिपोर्ट आ गयी है इनमें बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है पटना के साथ ही मुंगेर में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों के मौत की आशंका को देखते हुए राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है पटना और मूंगेर के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों और पक्षियों के सैंपल एकत्रित कर लगातार जांच के लिए भेजा जा रहा है आज बर्ड फ्लू मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय टीम बिहार आयेगी शोध और पशु चिकित्सकों की यह टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक दो हजार अठारह संसद से पारित हो गया है विधेयक में परिषद की मंजूरी के बिना शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले केंद्र और राज्यों के संस्थानों को पिछली तारीख से मान्यता देने का प्रावधान है इस विधेयक के पारित हो जाने से देश भर के लगभग दस हजार बीएड धारकों की डिग्री अब अमान्य घोषित नहीं होगी इससे बीएड एमएड और अन्य पाठयक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठयक्रमो को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं थी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने नवोदय विद्यालयों में कुछ विद्यार्थियों के आत्महत्या करने के मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाई है कांग्रेस सांसद विप्लव ठाकुर के शून्यकाल के दौरान पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह जानकारी दी चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी श्री प्रसाद को देवघर चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने सजा सुनायी थी नगर आवास और विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनवरी माह के अंत में पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे उन्होंने कहा कि मेट्रो चलाने की तैयारी लगभग पूरी हो गयी है इस संबंध में सारी बाधाएं दूर कर ली गयी हैं केन्द्र से डीपीआर को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है प्रदेश के गांवों में भी आगामी नौ फरवरी से पॉलिथीन का उपयोग करने पर जुर्माना लगाया जायेगा किसी भी आकार और मोटाई की पॉलिथीन के उपयोग को रोकने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को दी जायेगी जुर्माना लगाने के प्रावधान की नियमावली पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है शहरी निकायों में पिछले तेईस दिसम्बर से ही किसी भी मोटाई की पॉलिथीन के उपयोग पर जुर्माने का प्रावधान लागू है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी तथा उत्तरी भारत से आ रही पछ्आ हवा के कारण पटना समेत प्रा प्रदेश ठंड की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार आज से दो तीन दिनों तक पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के बादल छाये रहेंगे छह जनवरी की शाम से छिटपुट बूंदाबांदी के बाद पारे में और गिरावट के आसार हैं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की वजह से मौसम में यह बदलाव होने की संभावना है फिलहाल सुबह और शाम में धुंध और कोहरा छाया रहेगा दिन में धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी कल भागलपुर का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया का न्यूनतम तापमान चार दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान भी घटकर छह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस पर आ गया ठंड और कोहरे के चलते रेल सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ अब सामान्य और पिछडी जाति के युवाओं को भी मिलेगा राज्य सरकार वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में इस योजना का विस्तार करेगी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक अनुसूचित जाति जनजाति और अतिपिछड़ी जाति के तेरह हजार युवाओं का चयन किया गया है चालू वित्तीय वर्ष में बयालीस हजार से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है इसके तहत ग्रामीण इलाकों में यातायात का साधन उपलब्ध कराने के साथ ही बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार देने की योजना है केन्द्र सरकार आगामी मार्च माह में टेली मेडिसीन सेवा शुरू करेगी इसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टर एक स्थान पर बैठकर पूरे जिले के मरीजों को देख सकेंगे नीति आयोग से घोषित एक सौ तेरह आकांक्षी जिलों में इस योजना की शुरूआत होगी बाद में चरणबद्ध तरीके से इसे देश भी में लागू किया जायेगा इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद सुदूर गांव में रहने वाले लोगों को भी बिना शहर में आये विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं प्राप्त हो जायेंगी राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में पिछले एक दिसम्बर से आंदोलन कर स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने वाली आशा और आशा फैसिलिटेटर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कार्य बहिष्कार करने वाली आशाओं को कार्य मुक्त करने का आदेश दिया है साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा है बिहारशरीफ के काको बिगहा में राजद नेता की हत्या के बाद भीड़ द्वारा दो लोगों की पीट पीट कर मार दिये जाने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में अलग अलग दर्ज चार प्राथमिकियों में कुल एक सौ सोलह नामजद और पांच सौ तीस लोगों को अज्ञात बनाया गया है पटना से दिल्ली तक जल्द ही वॉल्वो बस सेवा शुरू होगी पहले चरण में पांच वॉल्वो बसे चलायी जायेंगी ये बसें पटना से वॉया मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली जायेंगी बसों के परिचालन को लेकर दिल्ली सरकार से सहमति बन गयी है

सतीश के शतक और शब्बीर खान सचिन कुमार सिंह की शानदार गेंदबाजी के बदौलत बिहार ने मिजोरम से यह मुकाबला तीसरे दिन ही आसानी से जीत लिया महिला कबड्डी खिलाड़ी शमां परवीन और युवा क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन को लोकसभा चुनाव दो हजार उन्नीस के लिए पटना जिला आईकॉन बनाया गया है आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है पटना में पाइप से गैस अगले माह अखबार की एक अन्य सुर्खी है जदयू तीन तलाक बिल पर एनडीए के साथ नहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है आठवीं तक के बच्चे भी होंगे फेल राज्यसभा से भी आठवीं तक फेल न करने की नीति में बदलाव को मिली मंजूरी दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मधेप्रा में एनएच एक सौ छह पर यात्रा के अनुभव को सुर्खी बनाते हुए लिखा है सिर्फ धूल ही धूल पैंतीस किमी के सफर में दो घंटे लग गये एनएच नहीं वैतरणी पार कर रहा हूॅ प्रभात खबर का शीर्षक है अगले माह से पटना के रसोईघरों में पाईप के जरिए पहुंचेगी गैस और अब अंत में मुख्य समाचार सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर आज होगी सुनवाई